मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया

इसके अलावा अनुसूचित जाति उप योजना जनजातीय क्षेत्र उप योजना पिछड़ा क्षेत्र उप योजना और क्षेत्रीय व विकेन्द्रीकृत योजना कार्यकमों को पुनर्नामित करने का निर्णय भी लिया गया

मुख्यमंत्री जयराम ठाकर की मौजूदगी में आज शिमला में प्रदेश सरकार की ओर से निदेशक उद्योग हंसराज शर्मा और माइकोटैक न्यू टैक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष सुबोध गुप्ता ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए सोलन जिला के बददी स्थित इस कंपनी के साथ थर्मामीटर यूपीएस इन्वर्टर्स और ऑक्सी मीटर सहित अन्य विद्युत उत्पादों की विनिर्माण इकाई की स्थापना के लिए ये समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है

त्रिलोक कपूर प्रदेश भाजपा महासचिव व राज्य वूल फैडरेशन के नवनियुक्त अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने अपने अढ़ाई वर्ष के कार्यकाल के दौरान अनेक जनकल्याणकारी योजनाए आरम की हैं वूल फैंडरेशन के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद आज शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही त्रिलोक कप्र ने कांग्रेस नेताओं पर बेबूनियाद बयानबाज़ी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब प्रदेश में राजनीतिक परिस्थितियां बदल चकी हैं और राज्य सरकार का ईमानदार व प्रगतिशील सुशासन सबके सामने हैं उन्होंने कहा कि वे भेड़ पालकों के विकास के लिए पूरी तरह प्रयासरत्त हैं और भेड़ पॉलन व्यवसाय को बचाना उनकी प्राथमिकता है आधार प्रमाणन केन्द्र सरकार ने कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए नई वस्तु व सेवा कर पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणन शुरु कर दिया है आधार प्रमाणन के इच्छ्क लोगों को तीन कार्य दिवसों के मीतर नया जीएसटी पंजीकरण जारी कर दिया जाएगा हालांकि जो लोग आधार प्रमाणन का विकल्प नहीं चुनेंगे उन्हें कारोबारी स्थल और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही पंजीकरण जारी किया जाएगा सरकार ने कहा है कि नए पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणन से कारोबार करना अधिक आसान होगा इससे ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहन मिलेगा और फर्जी इकाइयों को जीएसटी से दूर रखना संभव होगा कटवाल विधायक जीतराम कटवाल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झंडुता विधासभा क्षेत्र में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत को ं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण व उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है

प्रधानमंत्री ने लोगों को इस कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है